शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई से पलायन कर उत्तरप्रदेश जा रहे एक मजद्र की शिवप्री में हालत बिगड़ गई जांच में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है

यह ट्रेन फरीदाबाद से रवाना हई थी मज़द्रों ने बताया कि ट्रेन से आने जाने में उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ा और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी थी

मण्डला कलेक्टर ने नैनपुर तहसील के पिण्डरई में बनाए गए कंटेनमेंट ऐरिया का दौरा किया